पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर किया गया नमन

और चम्बा किलाड़ वाया साच पास मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए किया गया बंद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

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हिमफैड और गुजरात स्टेट फर्टिलाईजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत घरेलू तरल बोरोनेटिड कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक का शुभारम्भ किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तरल उर्वरक का ये एक नया प्रयोग है जो किसानों के लिए सहायक सिद्व होगा उन्होंने कहा कि इस उर्वरक का निर्माण देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को आत्म निर्भर बनाने और विभिन्न उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हिमफैड की गतिविधियों को सुदृढ़ करने और किसानों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जीएसएफसी की विशेषज्ञता की सहायता ली जाएगी मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इन उर्वरकों से फसलों में विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति से फसल उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि होगी इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सेब और अन्य फलों के अलावा प्रदेश में बड़े स्तर पर गैर मौसमी सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है उन्होंने किसानों व बागवानों को सहायता प्रदान करने में हिमफैड के प्रयासों की सराहना भी की हिमफैड के अध्यक्ष गणेश दत्त ने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान हिमफैड को एक करोड़ रूपए से अधिक का लाभ हुआ है

जीएसएफसी के मुख्य प्रबंध निदेशक अरविंद अग्रवाल ने भी इस दौरान अपने विचार व्यक्त किए जयंती इंदिरा गांधी राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर नमन किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और नगर निगम महापौर सत्या कौंडल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए मुख्यमंत्री ने बाद में रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की निर्मित होने वाली प्रतिमा स्थल का निरीक्षण भी किया

इस बीच प्रदेश कांगेस ने शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में इंदिरा गांधी के चित्र पर श्रद्वासुमन अर्पित किए इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि देश को एकजुट और मजबूत करने में इंदिरा गांधी का बहत बड़ा योगदान रहा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की मजबूत विदेश नीति के चलते दो प्रमुख विश्व शक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका ने उन्हें आयरन लेडी का नाम दिया था विपिन परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र की भौरा पंचायत में बनने वाले स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन का शिलान्यास और सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाले राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है परमार ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में लोगों को सभी तरह की जीवन रक्षक दवाईयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं

राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले राशन की गुणवत्ता बनाए रखने और इसकी समय समय पर जांच करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं धर्मशाला में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कांगड़ा जिले में खाद्य सामग्री की उपलब्धता की जानकारी ली और उपभोक्ताओं को समय पर राशन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए राजेन्द्र गर्ग ने खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी व मुनाफाखोरी पर नजर रखने को भी कहा

महेश्वर सिंह इस बीच भाजपा नेता व पूर्व सांसद महेश्वर सिंह की कोरोना टैस्ट रिपोर्ट पॉजीटिव आई है वे आज आईजीएमसी शिमला में अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए आए थे जहां कोरोना सैम्पल लेने पर उनकी रिपोर्ट पॉजीटिव पाई गई महेश्वर सिंह ने पिछले दो तीन दिनों के दौरान उनके सम्पर्क में आए लोगों से भी अपनी कोरोना जांच करवाने की अपील की है मुकेश अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र की सभी परियोजनाओं पर राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है उन्होंने सरकार से सवाल किया कि केंद्र से कितने प्रोजेक्ट मंजूर हुए और कितनी परियाजनाओं पर काम हुआ है उना से जारी एक बयान में अग्निहोत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकारें प्रदेश को दोहरे रूप से लूटने का काम कर रही हैं अग्निहोत्री ने कहा कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार किसी भी वर्ग की कोई मदद नहीं कर पाई है उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में प्रदेश सरकार की नाकामियों को सदन में उठाया जाएगा मार्ग बंद चम्बा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला चम्बा किलाड़ वाया साच पास मार्ग बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है उपायुक्त डी सी राणा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि बर्फबारी की वजह से इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही जोखिमपूर्ण हो गई है

एक बयान में उन्होंने कहा कि शिमला जिले के उपरी इलाकों सहित जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में कोरोना के मामलों में ईजाफा हो रहा है और कई लोग इस संक्रमण से मौत का शिकार हो रहे हैं रोहित ठाकुर ने क्षेत्र में सामुदायिक संक्रमण की आशंका के चलते सरकार से इसे रोकने के लिए विशेष कदम उठाने की मांग भी की है

तापमान में भारी गिरावट के चलते सूरजताल दीपकताल नीलकण्ठ और चन्द्रताल झीलें भी जम गई हैं इधर राजधानी शिमला सहित राज्य के अन्य भागों में दोपहर बाद हल्के बादल छाए रहे और ठण्डी हवाएं चलने से लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है